राज्यपाल द्रौपदी मुर्म ने इसका उदघाटन किया इस दौरान मुख्यअतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहे कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित किया गया उत्कृष्ट विधायक के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक नलिन सोरेन को सम्मानित किया गया

शहीद जवानों के आश्रितों को भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित किया गया इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा सदस्यों मंत्रीमंडल के सार्थियों और विधानसभा कर्मियों को शुभकामनाएँ दी

आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा तक की यात्रा एक बडी छलांग है और भारत इस मामले में एक प्रमुख देश है श्री सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी पेरिस समझौते के तहत भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य पहले ही प्राप्त किए जा चूके हैं

श्री सिंह ने नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व पर बल देते हुए कहा कि पर्यावरण और वैश्विक तापमान दुनिया भर में चिंता का विषय हैं कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए समेकित प्रयास की आवश्यकता को सभी देशों ने महसूस किया है श्री सिंह ने कहा कि धरती के अस्तित्व के लिए नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक है और यह जीवाशम ईंधन की तुलना में सस्ती भी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज उत्तरप्रदेश के विन्ध्यांचल क्षेत्र में मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि पेयजल परियोजनाओं से न केवल लोगों को स्व्छ जल मिलेगा बल्कि वे दूषित जल से होने वाली बहुत सी बीमारियों से बच सकेंगे

श्री मोदी ने जिलों की पानी समितियों के सदस्यों में से एक सदस्य फूलमती के साथ बातचीत की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संसद सदस्यों के लिए नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसरों का उद्घाटन करेंगे ये फ्लैट नई दिल्ली के डॉक्टर बी डी मार्ग में स्थित हैं

इस परिसर के निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग पहल को भी शामिल किया गया है इसमें फ्लाई ऐश और निर्माण की पुरानी सामग्री थर्मल इन्सुलेशन और ऊर्जा दक्षता का प्रयोग किया गया है ये फ्लैट ऊर्जा क्शलता वाले एलईडी प्रकाश की फिटिंग कम बिजली खपत वर्षा जल संचयन प्रणाली और छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए वीआरवी प्रणाली तथा अन्य सामग्री से निर्मित किए गए हैं उदघाटन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी उपस्थित रहेंगे

बिहार के गया जिले में यह मुठभेड़ बाराचट्टी थाना के अंतर्गत महआरी गांव में हई मारा गया नक्सली एरिया कमांडर बताया गया है मारे गए नक्सीली के पास र्से दो अत्यातध्निक हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं इलाके की नाकाबंदी करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान दो ग्रामीणों की भी मौत हो गई और कोबरा दल के चार जवान घायल हो गए घायलों को इलाज के लिए गया के अनुग्रह नारायण अस्पहताल में भर्ती कराया गया है

कल बारह हजार से अधिक सैंपल की जांच हुई

कल तीन सौ तैतीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है

मृतकों में पूर्वी सिंहभूम हजारीबाग जामताडा गोड्डा से एक एक और रांची से दो मरीज शामिल हैं

इनमें दो हजार चार सौ तीस सक्रिय केस हैं और एक लाख तीन हजार नौ सौ सनतावन मरीज ठीक हए हैं जबकि नौ सौ पैंतीलीस कोरोना मरीजों की मौत हई हैं

स्वस्थ हए व्यक्तियों को ससम्मान अस्पताल से छट्टी दी गई

नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर एनएन माथुर इस चर्चा में भाग लेंगे

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

स्थापना दिवस समारोह की शुरूआत नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर एक कार्यक्रम में जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करके की गई इस मौके पर रक्षा सचिव अजय क्मार और एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपडा ने शहीदों को पृष्पांजलि अर्पित की कार्यक्रम में रक्षा सचिव ने कहा कि एनसीसी कैंडेट ने कोरोना योद्वाओं के रूप में कोविड महामारी के दौरान इससे निपटने के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करके निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दीं हैं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वातायन लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्री पोखरियाल को यह पुरस्कार इग्लैंड में ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ग्रप द्वारा वीडियो कॉन्फ्रॅसिंग के माध्यम से आयोजित वातायन ब्रिटेन सम्मान समारोह में कल प्रदान किया गया इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि यह केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं है बल्कि यह भारत भारतीयता और भारतीय मूल्यों का सम्मान है